याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दलील पेश कर रहे हैं वहीं विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की ओर से अभिषेक मनू सिंघवी और देवीदत्त कामथ बहस कर रहे हैं इनके अलावा मुख्य सचेतक महेश जोशी और पब्लिक अगेंस्ट करप्सन संस्था भी इस मामले में पक्षकार है हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम तक इस मामले में बहस पूरी होने और फैसला आने की उम्मीद है गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की ओर से शुक्रवार को अदालत को आश्वस्त किया गया था कि वे आज शाम साढ़े पांच बजे तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे राजस्थान कोरोना संकमण की रोकथाम के मामले में अग्रणी राज्य बना हुआ है

चिकित्सा विभाग द्वारा अब गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जयपुर के बाद कोटा में भी प्लाज्मा थैरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा

अपने पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हए ऐसा करना जरूरी है

बोर्ड अध्यक्ष डॉ डी पी जारोली अजमेर कार्यालय से दोपहर सवा तीन बजे परिणाम जारी करेंगे इससे पहले बोर्ड विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम जारी कर चुका है

वे कई दिनों से बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती थे

जालौर में भी आज कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं मौसम विभाग से भिली जानकारी के अनुसार राज्य में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने और तेज हवा चलने के आसार हैं वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अलवर भरतपुर झुन्झुनू दौसा और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है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 बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें